मंत्रालय ने तालाबंदी में छूट के दौरान सामाजिक दायित्व निभाने और सावधानियों का पालन करने पर ज़ोर दिया है

हंदवाड़ा में शहीद होने वाले मेजर अन्ज सूद के पार्थिव शरीर का आज मनीमाजरा में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

मंत्रालय के प्रवक्ता ने नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी देते हये कहा कि इस सुधार को बनाये रखना और भी महत्वपूर्ण है

प्रवकता ने कहा कि मामलों की समय पर जानकारी देना और प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ राज्यों में इस को लेकर कमी पाई है जिसे उनहें प्रेरित कर दूर कर लिया जायेगा

उन्होंने बाज़ारों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित करने मास्क बनाने और यातायात के निर्वघ्न संचालन जैसे विभिन्न कार्यो में प्रशासन के सहयोग करने के लिए एनसीसी कैडेटों दवारा निभाई गई भूमिका की सराहना की रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा बैठक के दौरान उपस्थित रहे

संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका इंग्लैंड सिंगाप्र मलेशिया फिलीपींस सऊदी अरब बहरीन ओमान बंगलादेश में फंसे इन भारतीयों को चरणबदव तरीके से भारत लाया जायेगा

देशभर के छात्रों के साथ बातचीत करते हये श्री निशंक ने कहा कि जेईई ऐडवांस परीक्षा अगस्त महीनें में ली जायेगी और जल्द ही तरीखों की घोष्णा की जायेगी

उन्होंने लोगों को संयम के साथ सरकार प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हये कहा कि आपसी तालमेल के साथ ही कोरोना को हराने में सफलता मिलेगी उन्होंने समाजसेवी संसथाओं को भी सरकार का भरपूर सहयोग करने की अपील की और कहा कि अग्रिम पंक्ति में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे योदवा आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे है

उनके अंतिम संस्कार से पहले सेना की ट्कड़ी ने उन्हें सलामी दी इस मौके पर पश्चिमी कमान के चीफ आफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ग्रपाल सिंह संघा स्टेशन कमांडर टी एस मुंडी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता पंचकूला के उपाय्क्त मुकेश कुमार आहजा और पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासन के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्वासुमन भेंट किये उनकी पत्नी आकृति ने इस मौके पर कहा कि मेजर अन्ज सूद साहस की प्रतिमूर्ति है और सबके लिए प्ररेणा स्त्रोत है इस अवसर पर उनकी बहन कैप्टन हर्षिता दहिया ने अपने भाई की बहादुरी को सलाम किया

उन्होंने कहा कि कम गेहं आने का कारण तालाबंदी के चलते किसानो दवारा अपने घरों में गेहं का ज्यादा भंडारण करना भी है उन्होंने कहा कि इसके अलावा हर वर्ष गेहं का उत्पादन भी एक जैसा नहीं होता मई महीनें में बेमौसमी बारिश के कारण गेहं की चमक कम होने पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर केन्द्र को पत्र लिखा गया था जिसका संकारात्मंक जवाब मिला है इंडियन नेश्नल लोकदल के नेता एंव विधाययक अभय सिंह चौटाला ने तालाबंदी के तीसरे चरण में दी गई छूट के दौरान नोवेल कोरोना वायरस से पीडि़त होने वालों की गिनती में वृद्वि होने की आशंका जताई है

उन्होंने श्री विज के एक ब्यान का जिक्र करते हये कहा कि श्री विज भी सहमत है कि ऐसे मे स्वास्थ्य एंव ग़ह विभाग को नज़र अदाज़ करना उचित नहीं है

उसे पीजीआई रैफर किया गया है

उधर फरीदाबाद में भी एक गर्भवती महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रेपिड किट जांच में पोजिटिव पाये गये बीएसएफ के जवान की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यू हो गई है

चरखी दादरी के उप म्ख्य चिकित्सा अधिकारी डा चंचल तोमर ने बताया कि नमूने जांच के लिए भेजे गये है और इनकी रिपोर्ट दो दिन बाद आने की संभावना है